कहा भारत की लोकगाथाओं में यहां के वीर सप्रतों का योगदान रचा बसा है

मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज शाम से बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चितौरा झील के विकास कार्यों और महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भारत की लोकगाथाओं में यहां के वीर सपूतों का योगदान रचा बसा है उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारे वीर सपूतों का आदर करना उनसे प्रेरणा लेना हमारा कर्तव्य है श्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव के त्याग और उनके योगदान को याद किया

इस इस समूची परियोजना में घोड़े पर सवार महाराजा सुर्हेलदेव की प्रतिमा की स्थापना करना और पर्यटन स्थल पर मिलने वाली जलपान गृह पर्यटक निवास गृह और बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाओं का विकास करना शामिल है

धनबाद में सबसे ज्यादा बिरानबे प्रतिशत लोगों ने दूसरा डोज लिया है वहीं राज्य के बारह जिलों में सतर प्रतिशत से ज्यादा का लक्ष्य पूरा हो गया है जिसमें लातेहार में सतासी हजारीबाग में चौरासी पलामू में बैरासी गिरिडीह में अस्सी पश्चिम सिंहभूम में अठहतर पूर्वी सिंहभूम में सतहतर गोड्डा में पचहतर देवघर में चौहतर गुमला में तिहतर सरायकेला में बहतर और दुमका में सतर प्रतिशत लोगों ने कोरोना का टीका का दूसरा डोज लिया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के अड़तीस संक्रमित मिले हैं जबकि तैतीस मरीज स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या चार सौ चौसठ रह गई है

राज्य में अब तक एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ चौवन संक्रमित मिल चुके हैं जिसमें एक लाख सत्रह हजार आठ सौ छह लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर अभी अंठानबे दशमलव सात शून्य पहुंच गई है

मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से एक करोड छह लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या निरंतर घट रही है

इसको मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्याख एक करोड़ नौ लाख से अधिक हो गई है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर देशवासियों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री कोविंद ने वसंत के आगमन पर लोगों के जीवन में सुख समुद्धि और खुशहाली की कामना की है उपराष्ट्रपति वैकेंया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बसंत पंचमी के मौके पर देशवासियों को बधाई

एक टवीट में श्री शाह ने कहा कि यह त्योहार नए उत्साह और उर्जा का प्रतीक है उन्होंने कामना की कि देवी सरस्वती सभी ज्ञान समुद्धि और स्वास्थ्य दें अपने शुभकामना संदेश में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पावन पर्व लोगों के जीवन में उमंग ज्ञान और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने वसंत पंचमी के अवसर पर बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने ज्ञान और बुद्धि के साथ आशीर्वाद देने के लिए देवी सरस्वती से प्रार्थना की है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से कालाजार को हटाने में सरकार की मदद करने की अपील की है वे आज गोड्डा दौरे पर हैं

राज्य सरकार ने झारखंड एड्स सोसाइटी रांची के परियोजना निदेशक राजीव रंजन को स्थानांतरित करते हुए योजना सह वित्त विभाग का अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया है

इन कक्षाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया है

हालांकि जो छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था भी जारी है केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्ज्न मुंडा ने कहा कि अनगड़ा में अड़तीस करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा साथ ही गेतलसूद के मेगा फूड पाथ को दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा श्री मुंडा कल गेतलसूद में आयोजित किसान गोष्ठी सह हस्तशिल्प प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि समृद्ध गांव से ही समृद्ध देश बनेगा इस मूलमंत्र को लेकर केंद्र सरकार ने कृषि कानून में परिवर्तन किया है

रनों के लिहाज से टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत है

दूसरी पारी में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही

रांची नगर निगम बड़ा तालाब में पीपीपी मोड पर बोटिंग और कैफेरेटिया का संचालन कराएगा इसके लिए टेंडर निकाली जाएगी नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य पर रांची नगर निगम पांच करोड़ की राशि खर्च करेगी

झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान केंद्र में डीजी रैंक में इम्पैनल हुए हैं

इससे पहले एसएन प्रधान झारखंड पुलिस में एडीजी के पद पर तैनात थे राज्य के कई जिलों में आज शाम से बारिश की संभावना जताई गई है

सेंसेक्स ने पहली बार बावन हजार के स्तर को पार किया वहीं निफ्टी भी पहली बार पंद्रह हजार के रिकॉर्ड स्तर को पार किया

वे रांची में समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे